जामताड़ा जिले में लगातार कोरोना जांच अभियान चलाया जा रहा है

भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने कहा है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तीन मूल मंत्र दिया है उसी के सहारे यह लड़ाई जीती जा सकती है उन्होंने कहा कि समय समय पर हाथ धोते रहना मास्क का इस्तेमाल और सामाजिक दूरी का पालन करके कोरोना से बचा जा सकता है

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट आज उन विद्यार्थियों के लिए फिर आयोजित की जा रही है जो पिछले महीने हुई परीक्षा में कोविड प्रतिबंधों के कारण शामिल नहीं हो सके थे पुनर्परीक्षा आज दिन के दो बजे और शाम पांच बज आयोजित की जाएगी उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने पुनर्परीक्षा का आयोजन किया है

अनूप सिंह के नामांकन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मंत्री डॉ रामेश्वर उराव आलमगीर आलम कृषि मंत्री बादल समेत अन्य नेता मौजूद रहेगे उधर एनडीए प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाट्ल के नामांकन में भाजपा और आजसू के नेता सहित भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी मौजूद रहेंगे उधर दुमका विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी डॉ लुइस मरांडी ने कल एक सेट में नामांकन पर्चा दाखिल किया उनके अलावा कल दो अन्य प्रत्याशियों ने भी नामांकन पर्चा दाखिल किया जिसमें एपीआइ की दुलार मरांडी और निर्दलीय प्रत्याशी बाबूधन मुर्मू शामिल हैं अब तक दुमका में चार प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया है

झारखंड के पूर्व मंत्री लालचंद महतो बहुजन समाज पार्टी के टिकट से बेरमो विधानसभा का उपचुनाव लड़ेंगे उन्होंने कल बहजन समाज पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष वरुण कुमार की उपस्थिति में बसपा की सदस्यता ग्रहण की श्री महतो ने पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव के पहले भाजपा से नाता तोड़कर जदयू का न सिर्फ दामन थामा था बल्कि उसी दल के प्रत्याशी के रूप में डुमरी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़े और हार गए थे झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत में कल दारोगा नियुक्ति में मॉडल पेपर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई सुनवाई के दौरान झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि इस मामले में नियुक्ति की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति भी हो चुकी है ऐसे में इसपर सुनवाई करने का कोई औचित्य नहीं है इसके बाद अदालत ने इस मामले में दुर्गापूजा अवकाश के बाद सुनवाई की तिथि निर्धारित की है जमशेदपुर में जुसको ने एक नए पार्क का निर्माण कराया है इस पार्क का उदघाटन जल्द किया जाएगा

रेल मंत्रालय ने कहा है कि इन त्योहार विशेष रेलगाडियों का किराया मौजूदा विशेष रेलगाडियों के किराए के बराबर होगा

रेलवे बोर्ड ने हटिया लोकमान्य तिलक टर्मिनल के साथ साथ हटिया यशवंतपुर टाटा यशवंतपुर टाटा पटना ट्रेन और रांची से आनंदविहार ट्रेन को भी हरी झंडी दे दी है

राष्ट्रीय स्तरीय मॉनिटर संजय श्रीवास्तव ने कल लोहरदगा प्रखण्ड के हेसल एवं हिरही पंचायत में विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया इसमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना वृद्धावस्था पेंशन योजना की स्थिति का अवलोकन किया गया